उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री की बेटी नमिता भट्टाचार्य व अन्य परिजनों से भेंट की अटल बिहारी वाजपेयी के परिवार के सदस्यों ने वशिष्ठ में ब्यास नदी में श्री वाजपेयी की अस्थियों को विसर्जित कर उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा की इस मौके मुख्यमंत्री सहित वनमंत्री गोबिंद ठाकुर सांसद रामस्वरूप शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहे पत्रकारों से बातचीत में जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने रोहतांग टनल का नामकरण अटल टनल और कोलडैम का नाम भी अटल के नाम से करने का निर्णय लेकर प्रस्ताव केन्द्र को भेजा है उन्होंने कहा कि इसके अलावा मनाली में पूर्व प्रधानमंत्री की यादों को संजोकर रखने के उद्देश्य से कार्य करने पर चिंतन चल रहा है बाद में जयराम ठाकुर ने मनाली में जन शिकायतें भी सुनीं

मारकंडा कृषि व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने लाहौल प्रवास के दौरान आज लोबर मुरिंग वरदंग व शकोली सहित विभिन्न गांवों का दौरा कर जनसमस्याएं सुनीं और अधिकांश का मौके पर निपटारा किया उन्होंने कहा कि प्रदेश के शैक्षणिक ढांचे को सुदृढ़ किया जा रहा है और इस दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं रामलाल मारकंडा ने किसानों से शून्य लागत प्राकृतिक खेती अपनाने का आहवान किया ताकि उन्हें कम लागत पर अधिक पैदावार मिल सके

विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने बताया कि इसमें हिमाचल के अलावा पंजाब हरियाणा जम्मू कश्मीर गुजरात राजस्थान व मध्य प्रदेश के प्रतिभागी हिस्सा लेंगे

उन्होंने बताया कि इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव राष्ट्रीय ई विधान प्रणाली पर अपनी प्रस्तुति देंगे परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा है कि कांगड़ा जिला की बिलिंग घाटी को साहसिक खेलों के लिए विकसित किया जाएगा बैजनाथ निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाईडिंग स्थल बिलिंग का दौरा करने के बाद उन्होंने ये जानकारी दी विपिन परमार ने कहा कि पैराग्लाईडिंग के अलावा यहां वर्ष भर पर्यटन गतिविधियां चलाने के लिए सरकार प्रयास करेगी उन्होंने आरोप लगाया कि बिलिंग के महत्व को देखते हुए पूर्व सरकार ने यहां मूलभूत सुविधाओं के सृजन के लिए गम्भीर प्रयास नहीं किए विपिन परमार ने कहा कि राज्य सरकार ने पर्यटन क्षेत्र का दोहन कर इसे रोजगार से जोड़ने की योजना तैयार की है दुर्घटना मंडी जिले में करसोग के पास बथार नाले में कल रात एक कार के गहरी खाई में गिरने से तीन लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई जबकि दो गम्भीर रूप से घायल हुए हैं मंडी से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि मृतक शगोग गांव के रहने वाले थे और काफी समय से कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी और युवा कांग्रेस ने इस घटना में मारे गए करसोग निर्वाचन क्षेत्र में यूवा कांग्रेस के महासचिव दिलीप मेहता व डोला राम और पूर्व अध्यक्ष खेम सिंह वर्मा की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है पोषण अभियान राष्ट्रीय पोषण अभियान की गतिविधियों की जानकारी लोगों को देने के उद्देश्य से लाहौल स्पिति जिले के मुरिंग में आज एक जागरूकता शिविर लगाया गया केलंग के एसडीएम अमर नेगी ने शिविर की अध्यक्षता करते हुए बताया कि पोषण अभियान के तहत लाहौल मण्डल में विभिन्न जागरूकता गतिविधियां चलाई जा रही हैं

यूनियन की राज्याध्यक्ष कांता महंत ने एक बयान में कहा है कि इस दौरान उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिए जाएंगे